आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आजमन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साध्यवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं पूरी दुनिया को विकिता में एकता का संदेश देती हैं देश में सैंकड़ों भाषायें सदियों से पुष्पित और पल्लवित होती रही हैं श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने दो हजार उन्नीस को अंतर्राष्ट्रीय मातुभाषा वर्ष घोषित किया है और उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्ति की कगार पर हैं श्री मोदी ने उत्तराखण्ड में अपनी भाषा के संरक्षण के लिए एक समुदाय के क्छ लोगो द्वारा शुरू की गई पहल की चर्चा भी की डेढ़ सौ साल पहले आध्निक हिंदी के जनक भारतेंद् हरीशचंद्र जी ने भी कहा था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूलबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल अर्थात मात्रभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी दिवस पर श्री मोदी ने एनसीसी के कृष्ठ कैंडेटर्स से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशमक्ति निस्वार्थ सेवा अन्शासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है और इन सबको हमें अपने चरित्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झण्डा दिवस मनाया जाता है जब हम अपने वीर सैनिकों उनके पराक्रम और बलिदान को याद करते हैं उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हुए फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक रिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की फिट इंडिया मूक्मेंट में फिटनेस को लेकर स्कूलों की रैंकिंग की व्यवस्था भी की गई हैं इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल फिट इंडिया लोगों और फ्लैग का इस्तेमाल भी कर पाएंगे फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं फिट इंडिया थ्री स्टार और फिट इंडिया फाइव स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम में समुद्र से स्कूबा गोताखोर के प्लास्टिक की कचरा हटाने की एक विशेष मुहिम की चर्चा की उन्होंने बताया कि तेरह दिनों में ही उन्होंने चार हजार किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा समुद्र से निकाला है प्रवानमंत्री ने कहा कि अगर सभी अपने आस पास को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर ले तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड यू पी पी सी एल के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने कल लिखित आदेश जारी कर के उनके पैसे लौटाने का आश्वासन दिया यू पी पी सी एल ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि पूंजी गैर कानूनी तरीके से दीवान हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड डी एच एफ एल में निवेश किया था प्रमुख ऊर्जा सचिव अरविन्द क्मार की ओर से जारी किए गये आदेश में कहा गया है कि यदि कानूनी प्रक्रिया के तहत डी एच एफ एल से पैसा वापस नहीं मिलता है तो सरकार पॉवर कॉरपोरेशन कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे का भूगतान करेगा साथ ही यह भी कहा गया कि अगर पॉवर कॉरपोरेशन के पास पैसे की कमी होगी तो सरकार की तरफ से ट्रस्ट को ऋण दिया जायेगा जिससे कर्मचारियों का पैसा वापस किया जा सके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का आज भोपाल के निजी अस्पताल में निधन हो गया इक्यानबे वर्षीय जोशी लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री जोशी का अंतिम संस्कार देवास जिले में उनके पैतक कस्बे हाटपिपल्या में सोमवार को किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम पार्टियों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है